दिल्ली की एक अदालत ने निर्भया मामले में मृत्यु दंड पाए मुकेश सिंह की याचिका खारिज की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड नाइन्टीन को लेकर देश में जागरूकता बढाने में मीडिया की भूमिका की सराहना की कल संसद में भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने सांसदों से सप्ताह के अंत में अपने संसदीय क्षेत्रों में जाकर वायरस से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने तथा लोगों को शिक्षित करने के लिए मीडिया की मदद लेने की भी सलाह दी प्रदेश सरकार ने नोवल कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए कई उपाय किए हैं राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों को दो अप्रैल तक बंद कर दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया इससे पहले सरकार ने सभी स्कूल कालेजों को बाईस मार्च तक बंद करने का आदेश जारी किया था प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं सहित सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं राज्य के सभी पर्यटन स्थलों को इकत्तीस मार्च तक बंद कर दिया गया है प्रदेश में सभी मॉल सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स दो अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं राज्य में तहसील दिवस और जनता दर्शन भी दो अप्रैल तक नहीं आयोजित करने का फैसला किया गया है मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्दार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में बताया कि निजी क्षेत्र के लोगों को घर से काम करने को कहा गया है सभी धर्मस्थलों को भी एहतियातन बंद करने को कहा गया है मंदिर मस्जिद और गुरूद्वारों में भीड़ इकट्ठा न हो इसके लिये धर्म गुरूओं से अपील की गई है इसके अलावा प्रदेश में धरना प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी गई है सभी जिलाधिकारियों से पोस्टरों और बैनरों के जरिये जागरूकता अभियान चलाने को कहा गया है राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमित मरीजों का अस्पतालों में निःशुल्क इलाज करने की घोषणा की है श्री शर्मा ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते काम न मिल पाने से प्रभावित दैनिक मजदूरों के भरण भोषण की योजना सरकार द्वारा बनाई जा रही है इसके लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है जो तीन दिन में अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी केंद्र सरकार ने कोविड नाइन्टीन के प्रभावी प्रबंधन में राज्य सरकारों की मदद के लिए तीस अपर सचिवों और संयुक्त सचिवों को तैनात किया है देश में कोरोना वायरस के पुष्ट मामलों की संख्या एक सौ सैंतीस हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इनमें से एक सौ तेरह भारतीय हैं और चौबीस विदेशी नागरिक हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि अब तक चौदह लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं उन्होंने कहा कि अब तक कुल तीन लोगों की मृत्यु हुई है जिनमें से तीसरा महाराष्ट्र से है यह व्यक्ति दुबई से आया था गृह मंत्रालय के अपर सचिव अनिल मलिक ने कहा कि उत्प्रवासन कार्यालय ने यात्रा वीजा और उत्प्रवासन संबंधी पूछताछ के लिए चौबीस घंटे हेल्पलाइन सेवा शुरू की है हेल्पलाइन नम्बर है शून्य एक एक दो चार तीन शून्य शून्य छः छः छ लोग सपोर्ट डाट कोविड नाइन्टीन डैश बी ओ आई ऐट द रेट जी ओ वी डाट इन पर ई मेल से भी सहायता ले सकते हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नोवल कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षा के लिए बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करने की सलाह दी है मंत्रालय ने लोगों से बड़ी संख्या में एकत्र न होने और सामूहिक आयोजनों में शामिल होने से बचने को कहा है स्वास्थ्य मंत्रालय ने संक्रमण के बारे में पूछताछ के लिए टोल फ्री नंबर एक शुन्य सात पांच जारी किया है इस बारे में किसी मदद के लिए ईमेल आईडी एन सी ओ वी दू जीरो वन नाइन ऐट द रेट जीमेल डॉट कॉम जारी किया गया है प्रदेश सरकार ने भी हेल्यलाइन नम्बर जारी किया है यह नम्बर है एक आठ शून्य शून्य एक आठ शून्य पांव एक चार पांच दिल्ली के अखिल भारतीय आयूर्विज्ञान संस्थान एम्स अस्पताल के निदेशक डॉक्टर रणदीप सिंह गुलेरिया ने लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के कुछ जरूरी उपाय बताए हैं उन्होंने कहा हमें इस पॅडेमिक में यह कोशिश करनी है कि इसमें ज्यादा केसेस न हो ज्यादा मोर्टेलिटी न हो और इसमें सब लोगों की भागीदारी बहत जरूरी है अगर किसी क्राउडेड एरिया में जाना जरूरी नहीं है तो न जाए घर में ही रहे अगर हमें जुकाम नजला खांसी है तो हम अपने आपको सेल्फ क्वारंटीन करें हाथ अपने रेग्येलरली धोएं अगर हम ये सख्त कदम लेंगे तो हम इस पेंडेमिक के नम्बर ऑफ केसेस को कम कर सकते हैं मोर्टेलिटी कम कर सकते हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि उच्च न्यायालय अगले आदेश तक सुनवाई के लिए केवल अतिआवश्यक मामलों की ही सुनवाई करेगा अदालत में अनावश्यक भीड़ से बचने के लिए वकीलो को अतिआवश्यक मामलों को ही पेश करने के लिए कहा गया है अदालत ने कहा है कि किसी मामले में वकील या मुवक्किल की उपस्थिति न होने पर उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जायेगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उसकी लखनऊ खंडपीठ में केवल अदालत के कर्मचारी और वकीलों को ही प्रवेश दिया जायेगा उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी न्यायाधीश वकील क्लर्क और कर्मचारी शाम पांच बजे तक अदालत परिसर को खाली कर दें कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश कुमार ने तीर्थ यात्रियों से स्थिति सामान्य होने तक पवित्र ग्फा की यात्रा नहीं करने की अपील की है श्राइन बोर्ड ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए पहले से ही उपाय कर रखे है कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोकथाम के लिए मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने बालमोग वितरण और भंडारे के आयोजन स्थगित कर दिए हैं श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने बताया कि केशव देव मंदिर में प्रातः और सायंकाल के कीर्तन को भी अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया गया है कानप्र स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री प्रशासन ने आज आर्डिनेंस दिवस के अवसर पर प्रस्तावित प्रदर्शनी और रैली के आयोजन को स्थगित कर दिया है ऑर्डिनेंस दिवस पर हर साल आयोजित होने वाली इस प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं उधर उत्तराखंड सरकार ने सुप्रसिद्व पूर्णागिरि मेले को अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया है प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग पूर्णागिरि में माता के दर्शन के लिए जाते हैं गोरखपुर के मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कल जनपद महराजगंज में भारत नेपाल सीमा पर स्थापित चेकपोस्ट का निरीक्षण कर के कोरोना वायरस से बचाव की तैयारियों का जायजा लिया श्री नार्लिकर ने सीमा पर आने जाने वाले नागरिकों की गहनता से स्वास्थ्य जांच करने और पर्याप्त एहतियाती उपाय करने के निर्देश दिए हैं जनपद मऊ में कोरोना वायरस से बचाव के लिए रैपिड रेस्पांस टीम का गठन किया गया है मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर एस सी सिंह ने बताया कि टीम में सात अधिकारी रहेंगे जो कोरोना से संबंधित किसी भी प्रकार की सुचना मिलने पर लोगों को सहायता उपलब्ध कराएंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की उन्तीस तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित अपने कार्यक्रम मन की बात में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे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 दिल्ली की एक अदालत ने निर्भया सामूहिक दृष्कर्म और हत्या मामले के चार दोषियों में से एक मुकेश सिंह की याचिका खारिज कर दी है मुकेश ने मौत की सजा खारिज करने की मांग की थी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेन्द्र राणा ने मुकेश का यह दावा खारिज कर दिया कि वह घटना के दिन दिल्ली में नहीं था महिला और पुरूष अधिकारियों को बराबरी के औचित्य को स्वीकार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कल नौसेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का रास्ता साफ कर दिया न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में केन्द्र को तीन महीनों के अंदर तौर तरीके तय करने चाहिए न्यायालय ने उन महिला अधिकारियों को पेंशन का लाभ देने की मंजूरी भी दी जो सेवानिवृत्त हो च्की हैं और जिन्हें स्थायी कमीशन नहीं दिया गया था